मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गये कई महत्वपूर्ण निर्णय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि अयोध्या में राममंदिर के निर्माण पर अध्यादेश लाने का फैसला न्यायिक प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद ही किया जा सकता है कल एक समाचार एजेंसी के साथ भेंट में उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह उच्चतम न्यायालय में अयोध्या मामले पर फैसले के रास्ते में रोड़े अटका रही है भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफियेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे आज भी मामला सुप्रीमकोर्ट में है एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है हम पूरी तरह से प्रयास करने के लिए तैयार हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के वकील देश की सर्वोच्च अदालत में बाधाएं पैदा कर रहे हैं ताकि इस मामले में फैसला जल्द ही न आ सके मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं कि ये उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रूकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें और सभी वकील मित्र जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो भी कोर्ट में जाकर के जल्दी से जल्दी जाकर न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो उसमें हम बल लगाएं न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए किसानों के कर्ज माफ किए जाने के बारे में एक सवाल के उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऋण की समस्या का यह आदर्श समाधान नहीं है उन्होंने कहा कि आत्महत्या करने वाले ज्यादातर किसान ऐसे हैं जो साहूकारों से पैसा उधार लेते हैं उन्होंने आरोप लगाया कि कांप्रेस अपने शासन वाले राज्यों में कृषि ऋणों को माफ करने की घोषणा करके राष्ट्र को गुमराह कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के जीवन में सुधार के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है

बार बार कर्ज माफी करने के बाद भी ऐसी क्या कमी है व्यवस्था में कि किसान कर्जदार बन जाता है तो उपाय ये है कि किसान को मजबूत बनाना एम्पॉवर करना बीज से लेकर बाजार तक सारी व्यवस्थाओं को सुविधा देना

प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्ग के लोगों के फायदे के लिए उठाए गये कदमों का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के उद्यमियों के लिए स्टार्ट अप योजना भी शुरू की गई है इस साल आम चुनाव में एक सौ अस्सी सीटें जीतने के विपक्ष के दावे के बारे में श्री मोदी ने कहा कि भाजपा को अपनी जीत पर पूरा भरोसा है और चुनाव लड़ने के लिए उसका हौसला बुलंद है

पांच साल हो गये महागठबंधन ने देश के सामाजिक आर्थिक विषयों को लेकर कुछ सोचा हो कुछ कहा हो एक स्वर से कहा हो ऐसा हुआ है क्या नहीं हुआ है

ये खुद को बचाने के लिए मैदान में सहारा दूंव रहे हैं

तो ये खेल चल रहा है

राफेल के बारे में पूछे जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि र्वे इस बारे में संसद में पहले ही बयान दे चुके हैं और उच्चतम न्यायालय भी इस पर अपना फैसला सुना चुका है नीरव मोदी विजय माल्या और मेहल चोकसी जैसे आर्थिक अपराधियों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की कड़ी नीतियों से घबराकर ये लोग विदेशों को भाग गये उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा गांधी परिवार के खिलाफ अदालती मामलों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे खद भी कानूनी प्रक्रिया से ऊपर नहीं है और दोषी पाए जाने पर हर किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगुस्ता वेस्टलैंड हेलिकाप्टर सौदे के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता का मिशेल का वकील बनना चिंता की बात है उन्होंने कहा कि इस मामले में जारी जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी नोटबंदी के बारे में एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि कालेधन की समान्तर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया गया है जीएसटी के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे कर प्रणाली आसान हई है भारतीय सेना द्वारा दो हजार सोलह में नियंत्रण रेखा के पार आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बड़ा जोखिम भरा अभियान था लेकिन देश की खातिर इसको अंजाम देना पड़ा भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के टी वी पर दिये गये साक्षात्कार को व्यापक और खरा खरा बताया है पार्टी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने तमाम मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साक्षात्कार ने विपक्षी दलों के निहित स्वार्थो के सरकार की छवि धूमिल करने के प्रयासों को ध्वस्त कर दिया है दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पूरे साक्वात्कार को सच्चाई से दूर और वाक्यचातुर्य से भरा बताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ के लोक भवन में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में पुलिस और अग्निशमन विमाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्य पालन के दौरान दुर्घटना में अपंग होने की स्थिति में अनुग्रह राशि देने की स्वीकृति प्रदान की गई है उन्होंने बताया कि अनुग्रह राशि देने का पहली बार प्रावधान किया गया है इसके अन्तर्गत अस्सी से सौ प्रतिशत तक अपंगता होने पर बीस लाख रूपये सत्तर से उन्यासी प्रतिशत अपंगता पर पन्द्रह लाख रूपये तथा पचास से उन्हत्तर प्रतिशत अपंगता पर दस लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी उन्होंने बताया कि अभी तक मृत्य होने पर चालीस लाख रूपये पति या पत्नी को और दस लाख रूपये माता पिता को मिलते थे उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान हर ग्राम पंचायत क्षेत्र जिला और नगर पंचायत तथा नगर पालिका और नगर निगमों में निराश्रित गोवंश के लिये अस्थाई गो आश्रय स्थल बनाये जायेंगे उन्होंने कहा कि सरकार की प्रतिबद्वता है कि किसी भी कीमत पर गोकशी नहीं होने दी जायेगी उन्होंने कहा कि गो आश्रय स्थल निर्माण के लिये मनरेगा के माध्यम से ग्राम पंचायत विधायक और सांसद निधि से मदद ली जायेगी उन्होंने बताया कि सरकार ने इसके लिये स्थानीय निकाय को सौ करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध कराई है वित्तीय प्रबंधन के लिये यूपीडा निर्माण निगम यूपीएसआईडीसी तथा सेत् निर्माण निगम जैसे लाभकारी संस्थान सामाजिक सरोकार के तहत लाभ का शून्य दशमलव पांच प्रतिशत अस्थाई गो आश्रय स्थल के लिये देंगे उन्होंने बताया कि मंडी परिषद इस मद में अब एक प्रतिशत के स्थान पर दो प्रतिशत धन देगी उन्होंने बताया कि ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में निराश्रित एक हजार पश्ओों के लिये आश्रय स्थल बनेगा श्री शर्मा ने बताया कि प्रदेश में सतर्कता अधिष्ठान के दस सेक्टरों लखनऊ अयोध्या गोरखप्र वाराणसी प्रयागराज कानप्र झांसी आगरा बरेली और मेरठ को थाने में परिवर्तित करने के फैसले पर मंत्रिपरिषद ने मोहर लगाई श्री शर्मा ने बताया कि इससे सतर्कता विमाग अपने थाने में ही एफआईआर दर्ज कर सकेगा इससे जांच के दौरान गोपनीयता भंग होने पर लगाम लगेगी केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के शुरू होने के सौ दिन के भीतर ही छह लाख पचासी हजार गरीबों को मुफ्त में अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्रदान की जा चुकी है अपने फेसबुक पोस्ट पर वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस योजना को एक युगांतरकारी योजना बताते हुए कहा कि औसतन प्रतिदिन पांच हजार दावों का भुगतान दिया जाता है वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ने के बाद अगले पांच वर्षो में प्रतिवर्ष करीब एक करोड़ परिवारों को निःशुल्क इलाज की स्विधा मिलने लगेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले सितम्बर में आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुमारम किया था

प्रदेश में बिजनौर जिला सबसे ठण्डा स्थान रहा जहां कल न्यूनतम तापमान एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया वही मुजफ्फरनगर में तापमान कल दो दशमलव छह डिग्री सेल्सियस था